जयपुर में हुई कर परामर्शदात्री समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक वातावरण को और बेहतर बनाने के लिए आगामी बजट में उचित प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधार के लिए उद्यमियों के सुझाव बजट में शामिल किये जायेंगे उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि टैक्स कलेक्शन में किसी तरह का लीकेज ना हो और ईमानदारी से कर अदा करने वाले उद्यमियों और व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी न हो बैठक के बाद उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि विभिन्न संगठनों से बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं

राज्यसभा में राजस्थान सरकार की ओर से पेश प्रतिवेदन में ये जानकारी दी गई

उन्होंने बताया कि सरकारी एजेंसियों के सक्रिय प्रयासों के कारण इसका प्रभाव गुजरात और राजस्थान के पांच जिलों तक ही सीमित रहा और अब स्थिति नियंत्रण में है

शिक्षा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने बताया कि इनके आदेश जारी कर दिये गये है नए खुलने वाले संस्कृत विद्यालय प्रतापगढ अलवर सीकर चूरू और जोधपुर जिलों में खोले जायेंगे भरतपुर जिले के सेवर सहित तीन प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में कमोन्नत किया जायेगा

विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित एक दिन की लोक अदालतो में ढाई लाख मुकदमे चिन्हित किये गये है राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर और जयपुर पीठ सहित निचली अदालतों में आपसी सहमति से मुकदमे निपटाये जायेंगे

रेलवे ने इस रेल मार्ग पर बिजली लाईने बिछाने के काम को मंजूरी दे दी है